इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक केन्द्रीय मंत्री अश्वनि चौबे और राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी इससे पहले उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से देहरादून से पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवाई पट्टी लाया गया जहां से पार्थिव शरीर को देव सिंह मैदान लाया गया जहां आयोति श्रद्धांजलि सभा स्थल पर अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा अंतिम दर्शन के लिए सुबह नौ बजे से ही देव सिंह मैदान में जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी जहां लोगों ने दिवंगत प्रकाश पंत को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की देव सिंह मैदान से पार्थिव शरीर खड़कोट में प्रकाश पंत के आवास पर ले जाया गया जहां परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन किये जिसके बाद उनके अवास से दिवंगत प्रकाश पंत की अंतिम यात्रा निकली बेहद गमगीन माहौल में अंतिम यात्रा में पूरा शहर उमड़ पड़ा लोग लोग प्रकाश पंत अमर रहे के नारे लगाकर अपने प्रिय नेता प्रकाश पंत को विदाई दे रहे थे वहीं जिला मुख्यालय के बाजार और शैक्षणिक संस्थान उनके शोक में बंद रहे

इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को एसडीआरएफ मुख्यालय ले जाया गया जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिवप्रकाश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भद्द कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत यशपाल आर्य मदन कौशिक रेखा आर्य अरविन्द पांडेय सुबोध उनियाल डॉ धन सिंह रावत गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष इन्दिरा हृदयेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के अलावा कई विधायक मेयर सुनील उनियाल गामा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और डीजीपी अनिल रतूड़ी समेत तमाम राजनेताओं और अधिकारियों ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वर्गीय पंत को श्रद्धांजलि दी गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत का बुधवार को अमेरिका में उपचार के दौरान देहांत हो गया था वे अपने शांत स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे

कैडेट्स ने शानदार मार्चपास्ट से दर्शक दीर्घा में बैठे हर शख्स को मंत्रमुग्ध कर दिया युवा सैन्य अधिकारी अंतिम पग भर रहे थे और आसमान से हेलीकाप्टरों के जरिये उन पर प्रष्प वर्षा हो रही थी

इस अवसर पर मैथसन ने भारतीय और विदेशी सेना का हिस्सा बने नये अफसरों का सच्चे लीडर बनकर देश की इज्जत और सुरक्षा करने का आह्वान किया उन्होंने भारत की फौज और जवानों की सराहना भी की उन्होंने कैडेट्स को ओवरऑल बेस्ट परफॉरमेंस और अन्य उत्कृष्ट सम्मान से भी नवाजा

अफसर बने जांबाजों के परिजनों के चेहरों पर गर्व और खुशी साफ झलक रही थी पासिंग आउट परेड के दौरान आईएमए के आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये गए थे

आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावडेकर ने कहा कि योग भारत की अपनी विरासत है साथ ही यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश्व को उपहार भी है

इस हादसे में दो महिलाओं एक बच्चे समेत चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि पांच अन्य घायल हैं घायलों में चार बच्चे भी हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है कार में कुल नौ लोग सवार थे दुर्घटना की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव ब्रजमोहन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद एनआईसी के साथ मिलकर एक साफ्टवेयर डेवलप कर रहा है जिसके बाद अपूर्ण और बिना पूर्ण शैक्षिक योग्यता के आने वाले आवेदनों पर रोक लग सकेगी उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से समय की भी बचत होगी

नैनीताल और अल्मोड़ा क्षेत्र से आड़ू खुमानी पुलम और काफल आदि की मैदानी क्षेत्रों में मांग बढ़ी है